राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर प्रष्पाजंलि अर्पित की इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया अगले वर्ष महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ आज से हो रहा है संयुक्त राष्ट्रीय गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रुप में मना रहा है सत्रह जून दो हजार सात को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक टवीट संदेश में कहा कि गांधी जी का संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा और वे मार्गदर्शक बने रहेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से देश विदेश के करोड़ो लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि बापू के सपनों को साकार करने का यह महान अवसर है सयुंक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियों गुतरश ने भी राजघाट जाकर पुष्पांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपिए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए देश विदेश में गांधी जंयति के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे है गुजरात में भी गांधीजी से जुड़े संस्थानों स्वयंसेवी संगठनों और शिक्षा संस्थानों ने कई समारोह आयोजित किए हैं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी गांधी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किये गए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गांधी जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में श्री खांडू ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया उन्होंने नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरु किए गए स्वच्छता आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने और देश का भविषय बदलने में सहयोग करने को कहा है राज्यपाल बी डी मिश्रा ने भीन इस अवसर पर राज्य के लोगों को भी बधाई दी राजभवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में धार्मिक ग्रुओं विशेष अतिथियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया राज्यपाल बी डी मिश्रा और राज्य की पहली महिला निलम मिश्रा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजंली दी उन्होंने विश्वशांति के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया इस अवसर पर राज्यपाल ने लोगों से गांधीजी द्वारा दिखाई गई सत्यग्रह और अहिंसा के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गांधी जयंती के अवसर पर ईटानगर स्थित एम जी पार्क में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वास्मन अर्पित की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईटानगर नगरपालिका की ग्यारह वाहनों को रवाना किया जिन्हें राजधानी क्षेत्र से कचरा संग्रह के कार्य में उपयोग किया जायेगा श्री खांडू ने राजधानी क्षेत्र को स्वच्छ एवं हरित बनाने पर भी जोर दिया देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा आज सेवानिवृत हो रहे हैं कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे सशक्ति न्यायपालिका है जिसमें बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच तालमेल से न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों को पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त के सर्वोच्च सम्मान चैम्पियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा यह पुरस्कार सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नेतृत्व के लिए प्रदान किया जा रहा है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव टी एस तिरुमूर्ति ने कहा कि न्यूयॉर्क में पिछले सप्ताह घोषित यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कल ईटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों का दौरा किया उन्होंने घरो का निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए यह दौरा किया राजधानी क्षेत्र में कुल दो हजार चार सौ एक लाभार्थियों का चयन किया गया है जिसमें से नौ लाभार्थियों को कल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भूगतान किया गया उन्होंने बताया कि रिपोर्ट जमा होने के बाद सभी लाभार्थियों को राशि प्रदान की जाएगी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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया